प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर तक बढ़ाये जाने का प्रदेश भर में लोगों ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दूसरे चरण का कल शुभारम्भ किया यह अभियान प्रदेश के सभी पचहत्तर जनपदों में इकत्तीस जुलाई तक संचालित किया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है ऐसे में हमें कोरोना से भी लड़ना है और संचारी रोगों पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाना है मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेरठ मंडल में आज से बारह जुलाई तक मेडिकल सर्विलांस का विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है वहीं प्रदेश के सत्रह मंडलों में यह अभियान पांच से पंद्रह जुलाई के बीच चलाया जायेगा इस अभियान में कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर चिकित्सकीय टीमें घर घर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगी सिद्वार्थनगर जनपद में इस अभियान का शुभारम्भ प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह और सांसद जगदम्बिका पाल ने संयुक्त रूप से किया उधर मऊ जिले में विधायक विजय राजभर और जिलाधिकारी ने क्र्थी जाफरपुर के पारा गांव से विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में यह अभियान इकत्तीस जुलाई तक चलेगा उन्होंने बताया कि सोलह जुलाई से दस्तक अभियान चलाया जाएगा जिसमें आशा कार्यकत्रियां घर घर जाकर टीकाकरण से छूटे बच्चों को टीका उपलब्ध कराएगी लखीमपुर खीरी में सदर विधायक योगेश वर्मा ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारम्भ किया उन्होंने जिले में संचारी रोग नियंत्रण एवं बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया बस्ती जिले में सांसद हरीश द्विवेदी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण तथा दस्तक अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान के कारण पूर्वांचल से जापानी इंसेफ्लाइटिस लगभग समाप्त हो चुका है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर माह तक बढ़ाये जाने का प्रदेश भर में लोगों ने स्वागत किया है

कुल मिलाकर यह योजना जिले के कार्ड धारकों के लिए वरदान साबित हो रहा है

अजितेश प्रताप त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार प्रतापगढ़ बलरामपुर में भी लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लाम मिल रहा है और उन्होंने इस योजना को पांच महीने के लिये आगे बढ़ाये जाने पर खुशी जाहिर की है

हम लोगों को खाने की कोई तकलीफ नहीं हुई प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों की सहायता की इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उसके लिए लामार्थी कृष्ण कुमार शुक्ला ने भी इसे अच्छा कदम बताया प्रघानमंत्री जी के द्वारा जो फ्री में राशन मिल रहा है उससे हम लोगों का जीविका आराम से चल रहा है उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को काफी धन्यवाद देते हैं मिल रहे निशुल्क राशन के लिए सभी लाभार्थियों ने प्रषानमंत्री का आमार प्रकट किया कहा कि इससे उन्हें खाद्यान्न कि कहीं कोई समस्या नहीं हुई रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर देश में कोविड नाइन्टीन रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर उन्सठ दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तेरह हजार एक सौ सत्तावन रोगी स्वस्थ हुए हैं और इनके साथ ही इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या तीन लाख सैंतालीस हजार नौ सौ अठहत्तर हो गई है फिलहाल देश में दो लाख बीस हजार एक सौ चौदह मरीजों का इलाज चल रहा है महामारी के प्रकोप को रोकने के केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या पीड़ित लोगों से एक लाख सत्ताईस हजार आठ सौ चौसठ अधिक है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक बयान में बताया कि देश में परीक्षण केन्द्रों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है इसमें सात सौ चौसठ सरकारी और दो सौ बानवे निजी प्रयोगशालाएं हैं अब देश में एक हजार छप्पन प्रयोगशालाएं हो गई हैं कोरोना मरीजों के नमूनों का परीक्षण करने की संख्या में प्रतिदिन वृद्वि हो रही है पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो लाख सत्रह हजार नौ सौ इकत्तीस नमूनों की जांच की गई है देश में अमी तक अट्ठासी लाख छब्बीस हजार नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश में इस समय कोरोना के छह हजार सात सौ नौ सक्रिय मरीज हैं अब तक सात सौ अट्ठारह लोगों की बीमारी से मौत हुई है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये छह हजार पांच सौ से अधिक कोविड हेल्प डेस्क राज्य भर में विमिन्न अस्पतालों और संस्थाओं में स्थापित किये गये हैं प्रदेश में कोविड मरीजों के लिये बिस्तरों की संख्या एक लाख इक्यावन हजार से ऊपर हो गई है प्रदेश सरकार आज से मेरठ मंडल के उन सभी जिलों में घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष अभियान शुरू करेगी जहां कोरोना मामलों की संख्या अधिक है यह अभियान अगले दस दिनों तक चलाया जाएगा प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के जिलों पर खास ध्यान देने को कहा है ये जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब हैं और इनमें कोविड संक्रमित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है उन्होंने हर किसी से स्क्रीनिंग प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है ऐसा अभियान जल्द ही राज्य के अन्य हिस्सों में भी शुरू किया जाएगा प्रदेश सरकार गाजियाबाद जनपद में कोविड जांच के लिए बड़ी प्रयोगशाला भी स्थापित करेगी केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चीन की कंपनियों को देश की किसी भी राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी श्री गडकरी ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीन की कंपनियां सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योगों जैसे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पायें उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए ऐसी किसी भी कंपनी को अनुमति नहीं दी जायेगी जिसमें चीन की भागीदारी हो वस्तु और सेवा कर दाताओं को बड़ी छूट की घोषणा की गई है जीएसटीआर थ्री बी फॉर्म के लिए अधिकतम पांच सौ रूपये के विलम्ब शुल्क से राहत प्रदान की गई है यह छूट जुलाई दो हजार सत्रह से जुलाई दो हजार बीस तक लागू होगी